इस संवाद में मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टरों के साथ प्रदेश की जनकल्याणकारी योजनाओं के कियान्वयन और प्रगति पर चर्चा की मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों से कहा कि संवेदनशील पारदर्शी और जवाबदेह शासन की दिशा में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी उन्होंने कहा कि अधिकारी लापरवाही करेगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी उन्होंने कहा बेहतर पब्लिक सर्विस डिलीवरी सरकार का मुख्य एजेण्डा है इसकी धरातल पर मॉनीटरिंग के लिए अब हर महीने जिला कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेसिंग होगी श्री गहलोत ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वार्षिक सत्यापन के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की बाध्यता को हटाया जाए

रेपो दर पांच दशमलव एक पांच प्रतिशत पर ही बनी रहेगी रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में छह सदस्यों की मौद्रिक नीति समिति ने यथास्थिति बनाए रखने के लिए निर्विरोध समर्थन किया रिवर्स रेपो दर चार दशमलव नौ शून्य प्रतिशत और बैंक दर पांच दशमलव चार शून्य प्रतिशत बनी रहेगी

इनका वितरण एएनएम आशा सहयोगिनियों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाएगा

लोक अदालत ने जिला कलेक्टर सार्वजनिक निर्माण विभाग हाईवे के मुख्य अभियंता राज्य के मुख्य सचिव और सार्वजनिक निर्माण विभाग को ये आदेश दिए हैं

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की सचिव मुग्धा सिन्हा ने ये जानकारी दी उन्होंने बताया कि भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान के राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की सड़कों का जिओ स्पेशियल डेटाबेस तैयार किया जाएगा जिससे ग्रामीण सड़कों की मानिटरिंग की जाएगी सुश्री सिन्हा ने कहा कि इस योजना को लागू करने के लिए केन्द्र ने राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन केन्द्रों के साथ साझेदारी की है झालावाड में आज सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय जयपुर की ओर से क्षेत्रीय मीडिया कार्यशाला वार्तालाप का आयोजन किया गया

पत्र सूचना कार्यालय की अपर महानिदेशक प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने बताया कि इस वार्तालाप के माध्यम से पत्रकारों को सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई

साथ ही वे गांधी के सिद्धांतों को मजबूती के साथ अपने जीवन में उतारें पत्र सुचना कार्यालय जयपुर के निदेशक प्रेम प्रकाश भारती ने केन्द्र सरकार की छह महीने की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी

बंद को देखते हुए शहर में पुलिस का अतिरिक्त जाप्ता लगाया गया व्यापार महासंघों और कई सामाजिक संगठनों ने बंद को समर्थन दिया जैसलमेर में युवा संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया और रैली निकाली श्रीगंगानगर में छात्र छात्राओं ने मार्च निकाला

बच्चे के बोरवेल में गिरने की सूचना पर स्थानीय पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए करीब पांच घंटे की मशक्कत के बाद बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया